इस संबंध में मुख्य सचिव अनिल खाची द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कर्मचारियों का स्टेशन छोड़ने के लिए विभाग से अनुमति लेनी होगी बिना अनुमति स्टेशन छोड़ने वाले कर्मचारियों को हाउस रेंट राजधानी भत्ता और कंपनसेटरी अलाउंस भी बंद हो सकता है इस बीच शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि शिक्षक गाड़ी पूल कर ड्यूटी पर नहीं जा सकेंगे विभाग ने कहा है कि इससे कोरोना मामलों में वृद्धि की आंशका है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री दिल्ली में होने वाली विभिन्न बैठकों में हिस्सा लेंगे इस दौरान वे सरकार व संगठन से जुड़े मुद्दों पर केन्द्रीय नेतृत्व से चर्चा करेंगे अनुराग ठाकर केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर आज से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तीन दिवसीय दौरे रहेंगे एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अनुराग ठाक्र आज ऊना में दिशा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे इसके बाद केन्द्रीय मंत्री गगरेट में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे

वर्च्यअल माध्यम से अपना संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को अधिक फैलने से रोकने में कुल्लू जिले के महिला मंडलों स्वयं सहायता समूहों और अन्य सामाजिक संस्थाओं ने जहां कोरोना के दौरान घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया वहीं मास्क तैयार कर निशुल्क वितरित भी किये अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने कार्मिक विभाग के आदेश को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है अब सरकारी अधिकारी कर्मचारी बिना छुट्टी दो घंटे भी नहीं छोड़ पाएंगे स्टेशन पंजाब केसरी का शीर्षक है अधिकारी व कर्मचारियों को स्टेशन छोड़ने से पहले लेनी होगी अनुमति दिव्य हिमाचल के शब्द हैं अपना स्टेशन नहीं छोड़ सकते कर्मचारी हाईकोर्ट के आदेशों पर हिमाचल सरकार का फैसला दैनिक भास्कर ने लिखा है बिना अनुमति लिये स्टेशन छोड़कर नहीं जा सकेंगे अधिकारी और कर्मचारी हिमाचल दस्तक के मुताबिक स्टेशन छोड़ा तो कटेंगे कर्मचारियों के तीन भत्ते

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के बयान को आपका फैसला ने सुर्खी दी है भारत अमेरिका द्विपक्षीय सम्बंध वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का उदाहरण सीएम के बाद पार्टी अध्यक्ष भी जाएंगे दिल्ली शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है दिल्ली दौरे से पहले प्रदेश भाजपा नेताओं के बीच मंत्रणा दिव्य हिमाचल ने लिखा है शादियों की भीड़ ने बढ़ाई सरकार की चिंता जबकि हिमाचल दस्तक ने मुख्यमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है शादियों से बढ़े केस खूद अलर्ट रहें लोग पंजाब केसरी की एक खबर है कालाअंब में एयर कवालिटी इंडैक्स ने तोड़े इस साल के प्रदूषण के सारे रिकॉर्ड हिमाचल के सभी ईको टूरिज्म साइट्स क्लोज खुद वन विभाग ने ही नहीं ली थी फॉरेस्ट क्लीयरेंस दिव्य हिमाचल की खबर है